सी बी आई की विशेष अदालत ने कहा आरोप साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं प्रदेश सरकार ने हाथरस दुष्कर्म मामले में तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की

सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्व करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था आरोपी खुद भीड को शांत करने का प्रयास कर रहे थे

इस मामले का फैसला सुनाने के लिए विशेष जज सुरेन्द्र कुमार यादव को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया था और जल्दी फैसला आ सके इसके लिए पिछले दो सालों से हर दिन मामले की सुनवाई की जा रही थी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सभी आरोपियों को बरी किए जाने के अदालत के फैसले का स्वागत किया है श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की सदैव जीत होती है वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस फैसले ने रामजन्म भूमि आंदोलन के प्रति उनके तथा भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर मोहर लगाई है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि अब सच्चाई सामने आ गई है इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन हमारे कार्यक्रम किसी षडयंत्र के तहत नहीं थे वो एक सामान्य जनतांत्रिक कार्यक्रम के तौर पर थे ये बड़ी बात है इससे हम सब प्रसन्न हैं देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होने चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए विवादित ढांचा विध्वंस के मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या के मठ मंदिरों में संत महंत संतुष्ट दिखे प्रदेश सरकार ने हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच के लिए तीन सदस्यों की एसआईटी गठित कर दी है विशेष जांच दल एसआईटी का नेतृत्व राज्य के गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे उपमहानिरीक्षक चन्द्र प्रकाश और पीएसी सेनानायक श्रीमती पूनम एसआईटी की सदस्य होंगीं एसआईटी को सात दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और इस मामले में दोषियों पर कडी से कडी कार्रवाई करने को कहा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है मुख्यमंत्री श्री योगी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस घटना के सभी चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की सुनवाई त्वरित न्यायालय में की जाएगी इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत लड़की के पिता से कल शाम बात की पीडिता के पिता ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दोषियों पर अत्यधिक कडी कार्रवाई की जाएगी और लडकी के परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी राज्य सरकार ने दिवंगत लडकी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हाथरस शहर में एक मकान देने की घोषणा की है इस परिवार को पच्चीस लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन आरोपों का खण्डन किया है कि परिवार की सहमति के बिना लडकी का अंतिम संस्कार किया गया

शुरू में उसे अलीगढ के एक अस्पताल में ले जाया गया लेकिन हालत बिगडने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक करोड़ कोरोना जांचे पूरी होने पर प्रसन्नता जाहिर की है

उन्होंने कल लखनऊ में अपने आवास पर वर्च्अल माध्यम से जनपद मिर्जापुर भदोही शामली बरेली अमेठी और संतकबीर नगर के छह एल टू कोविड चिकित्सालयों के लोकार्पण के अवसर पर यह बात कही

रिकवरी रेट को बेहतर करके आम जनता में विश्वास पैदा किया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्वर पर गंभीरता से कार्य कर रही है कोरोना से बचाव के लिये दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन अत्यन्त आवश्यक है

आयकर विभाग ने एक वक्तव्य में कहा कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला किया गया है

न्यायमूर्ति एएमखानविल्कर न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्णा मूरारी ने केन्द्र से ऐसे उम्मीदवारों को एक और मौका देने को कहा है जो महामारी के कारण पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी के मद्देनजर परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए रोजगार योजना शुरू की थी